मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ प्रदेश में सड़क संपर्क बढ़ाने के मुददों पर की चर्चा

उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या छह करोड़ पार करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्जवला योजना लोगों के जीवन में बदलाव लाने का दायित्व निभाती रहेगी और गरीबों के कल्याण का माध्यम बनेगी उन्होंने कहा कि इस योजना से महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के साथ साथ उनका सशक्तिकरण भी सुनिश्चित हो रहा है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ एक बैठक कर प्रदेश में सड़क संपर्क बढाने के मुददों पर चर्चा की

मुख्यमंत्री ने सरकाघाट घुमारवीं और रानीताल कोटला राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में अधिसूचित करने के अलावा सैद्वांतिक रूप से मंजूर किए गए पांच अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों को स्वीकृति देने का भी अनुरोध किया इसके अलावा ठियोग बाईपास के लिए अनुमानों को मंजूरी देने के अतिरिक्त विकास और समुचित रखरखाव के लिए ठियोग हाटकोटी सड़क मार्ग को राज्य लोकनिर्माण विभाग को सौंपने की बात कही उन्होंने राज्य सरकार द्वारा पहले से प्रस्तुत किए गए उपयोगिता प्रमाणपत्रों के दृष्टिगत धनराशि देने का केंद्र से आग्रह किया

नितिन गडकरी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा भेजी गई केंद्रीय सड़क निधि के तहत परियोजनाओं को जल्द मंजूरी दी जाएगी किशन कप्र प्रदेश में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा देने की दिशा में सरकार विशेष प्रयास कर रही है खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने आज धर्मशाला क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टंग नरवाणा के वार्षिक समारोह में ये बात कही उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में प्रदेश में उच्च स्तर तक शिक्षण संस्थानों का बड़ा नेटवर्क है और इनमें पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने और रचनात्मक गतिविधियों में बढ़चढ़ कर भाग लेने का आहवान किया है कांगड़ा जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चड़ी के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि नशा न केवल एक व्यक्ति को कमजोर करता है बल्कि पूरे परिवार की खुशियों को नष्ट कर देता है उन्होंने कहा कि शिक्षा की बुनियाद जितनी मजबूत होगी भविष्य उतना ही सुनेहरा होगा सरवीण चौधरी ने इस मौके पर मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया सैजल सहकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि सहकारिता के माध्यम से प्राकृतिक कृषि बागवानी और इससे संबंधित अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कांगड़ा जिला की पालमपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में सहकारिता के माध्यम से रोजगार की संभावनाएं विषय पर आयोजित कार्यशाला में उन्होंने ये जानकारी दी राजीव सैजल ने कहा कि सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से एकीकृत सहकारी विकास योजनाओं को लागू किया जा रहा है

इससे पहले उन्होंने पालमपुर निर्वाचन क्षेत्र की जिया पंचायत में कृषि सहकारी समिति के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी किया

उन्होंने प्रभावित परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और अधिकारियों को नुकसान की रिपोर्ट दो दिन में सौंपने के आदेश दिए

जन आरोग्य योजना केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का पुनर्गठन कर इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण बनाने की मंजूरी दी है केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में कहा कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे इससे योजनाएं सुचारू ढंग से लागू करने के लिए निर्णय लेने में आसानी होगी

केंद्रीय सूक्ष्म लघ् व मध्यम उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह किशोर ने लोकसभा में सांसद वीरेन्द्र कश्यप के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी

वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने विद्यार्थियों को गुणवत्तयुक्त शिक्षा के साथ साथ संस्कारयुक्त शिक्षा उपलब्ध करवाने की जरूरत पर बल दिया है कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के बसाल व चलौला सरकारी स्कूलों के वार्षिक समारोह में उन्होंने ये विचार व्यक्त किए इस दौरान वीरेन्द्र कंवर ने अरवंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती योजना के अंतर्गत पुराने विद्यार्थियों के नामावली पट्ट का भी अनावरण किया

वीरेन्द्र कंवर ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर बिना मूलभूत सुविधाओं के शिक्षण संस्थान खोलने का आरोप लगाया इससे पहले उन्होंने चलौला स्कूल में नवनिर्मित अतिरिक्त कमरों का लोकार्पण किया

कार्यकम के तहत ये विद्यार्थी भारत भ्रमण की यात्रा पर निकलेंगे सांसद अनुराग ठाक्र द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम के तहत मेधावी विद्यार्थियों को हवाई यात्रा के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण कराए जाने का प्रावधान है धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर जिला के नादौन के दंगड़ी में एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह में आज विभिन्न गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया इस मौके उन्होंने कहा कि जीवन में शिक्षा का उददेश्य केवल किताबी ज्ञान हासिल करना नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण होना चाहिए प्रेम कुमार धूमल ने समाज में बढ़ रहे नशे जैसे कारोबार पर चिता जताते हुए युवा पीढ़ी को इसके चंगुल से बचाने के लिए सांझे प्रयासों की जरूरत बताई मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ रहने के बावजूद कड़ाके की ठंड का दौर जारी है

निचले जिलों में सुबह शाम कोहरा पड़ने से शीतलहर बनी हुई है

दुर्घटना शिमला जिला के चौपाल उपमंडल में नरसेरी नामक स्थान पर वाहन के खाई में गिरने से एक महिला की मौत हो गई जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं ये सभी रोहडू से चौपाल की तरफ जा रहे थे मृतक की पहचान रोहडू तहसील के अढ़ाल गांव की कल्पना के रूप में हुई है घायलों को नागरिक अस्पताल चौपाल में भर्ती कराया गया है कांग्रेस बैठक कांग्रेस पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी की एक बैठक आज शिमला स्थित पार्टी कार्यालय राजीव भवन में हुई बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाक्र सुखविन्द्र सिंह ने की इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों जिला व ब्लॉक अध्यक्षों ब्लॉक पर्यवेक्षकों और अग्रणी संगठनों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया ठाकुर सुखविन्द्र सिंह ने लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पदाधिकारियों के साथ रणनीति बनाई और उनके सुझाव लिए उन्होंने बूथ स्तर पर पार्टी को और मजबूत करने और बूथ कमेटियां बनाने पर भी चर्चा की

कार्निवाल के आज दूसरे दिन विभिन्न महिला मंडलों की महिलाओं ने सामूहिक रूप से कुल्लवी नाटी डालकर लोक संस्कृति की खूब छटा बिखेरी मनुरंगशाला में विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी आज से शुरू हुई